मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा डिजिटल इंडिया की सोच साकार करने के लिए हर व्यक्ति तक विज्ञान की शिक्षा पहुंचाना जरूरी मुख्यमंत्री सचिव राजीव रौतेला ने सभी जिलाधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन कमेटी गठित करने के निर्देश दिये

सिनेमा की टिकटों पर भी जीएसटी दर कम कर दी गई है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राजस्व घाटे पर मंथन के लिए समिति का गठन किया जाएगा

इसके लिए उन्हें जुर्माना अदा नहीं करना होगा

इस संबंध में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में भी यह मुद्दा उठाया था इसी सिलसिले में श्री पंत ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और उन्हें जीएसटी के संरचनात्मक कारणों से प्रदेश को हो रही राजस्व की हानि के संबंध में बताया

इस प्रकार जीएसटी लागू होने के पश्चात् उत्तराखण्ड का राजस्व प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है इस आशय में केंद्रीय वित्त सचिव द्वारा उत्तराखण्ड पर जीएसटी के प्रभाव के संबंध में अध्ययन के लिए राज्य का भ्रमण किया गया था उत्तराखण्ड की हो रही राजस्व हानि को केंद्रीय वित्त सचिव ने भी स्वीकार किया है इसके अलावा प्रदेश सरकार ने सस्ते बिस्किट पर भी जीएसटी दर पांच प्रतिशत करने की मांग की है स्लग यूरिया खाद सरकार ने देश में यूरिया खाद की कमी होने की खबर का खंडन किया है रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कल नई दिल्ली में कहा कि उनका मंत्रालय राज्य के मुख्य सचिवों से प्रतिदिन सम्पर्क में है और कहीं भी खाद की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि देशभर में यूरिया और उर्वरक की पर्याप्त उपलब्यता है सरकार ने राज्यों को उनकी आवश्यकता से अधिक आपूर्ति की है

श्री गौड़ा ने कहा कि यह संकट राज्यों की वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है स्लग वित्त मंत्री प्रदेश के मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ में जल्द ही ट्यूलिप गार्डन के दीदार हो सकते हैं इस सिलसिले में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात की उन्होंने पिथौरागढ़ में पर्यटन को नये आयाम देने के उद्देश्य से मोस्टामानू मंदिर के पास ट्यूलिप गार्डन की स्थापना के लिए आवेदन पत्र सौंपा श्री पंत ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि विश्व विख्यात कैलाश मानसरोवर यात्रा आदि कैलाश यात्रा और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटक पिथौरागढ़ से होकर ही ग़जरते हैं उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में पर्यटक पिथौरागढ़ आते हैं जिनके मनोरंजन और सुखद अनुभूति के लिए ट्यूलिप गार्डन को विकसित करने की आवश्यकता है केंद्रीय मंत्री ने परियोजना पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया

उन्होंने पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक लंदन फोर्ट के संरक्षण और संवर्धन के लिए सहायता को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बातचीत की श्री शर्मा ने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया स्लग पुस्तक विमोचन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि डिजिटल इंडिया की सोच को साकार करने के लिए समाज के आखिरी व्यक्ति तक विज्ञान की शिक्षा और सुचना प्रौद्योगिकी की पहुंच बनानी होगी उन्होंने कहा कि इस दिशा में वैज्ञानिकों को विशेष पहल करनी होगी देहरादून में शुक्रवार को उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र यू सर्क द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिक शोधों के प्रसार और जनजागरूकता के लिए यू सर्क द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि समाज को कैसे सस्ते शोधों का लाभ प्राप्त हो सकता है इसके भी प्रयास करने होंगे उन्होंने यू सर्क के वैज्ञानिकों से परम्परागत ग्रामीण ज्ञान को बढ़ावा देने पर भी ध्यान देने को कहा साथ ही उन्होंने ऋषि मुनियों द्वारा दिये गये ज्ञान विज्ञान को भी आगे बढ़ाने के प्रयास करने पर जोर दिया स्लग सुगम्य भारत अभियान मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी भवनों को सुगम्य बनाये जाने की समीक्षा की शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने दिव्यांगजनों की पहुंच सरकारी कार्यालयों में सुगम बनाने के लिए सभी विभागाध्यक्षों से संवेदनशीलता से व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य करने के निर्देश दिये

उन्होंने दिव्यांगजनों की विभाग में आवाजाही आसान करने के लिए विभागीय भवनों में रैम्प साइन बोर्ड हैन्ड रेलिंग व्हील चेयर दिव्यांगजन के उपयोगानुसार शौचालय पार्किंग चिन्हीकरण आदि व्यवस्थाएं अगली बैठक से पहले सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये

हरिद्वार में लघ् और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई उद्यमी आगे आ रहे हैं उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रेमनगर आश्रम में इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है

एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र गर्ग का कहना है कि एक्सपो के आयोजन से उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी एक्सपो के संयोजक सुरेश वालिया ने बताया कि उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास की तमाम संभावनाएं हैं स्लग राजीव रौतेला मुख्यमंत्री सचिव राजीव रौतेला ने सभी जिलाधिकारियों को पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिलों में डिस्ट्रिक्ट ट्ररिज्म प्रमोशन कमेटी का गठन करने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना और होम स्टे योजना से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के भी निर्देश दिये स्लग अन्सूया मेला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को चमोली में दत्तात्रेय सती मां अनुसूया मेले का शुभारंभ किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कि माता सती का स्थान चमोली में है तो उनके पूत्र दत्तात्रेय भगवान का मंदिर गुजरात में है जो पूरे देश की एकता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि हमारे पौराणिक मंदिर हम सबको जोड़ने का काम करते है

गौरतलब है कि दत्तात्रेय जयंती पर आयोजित होने वाले दो दिवसीय मेले में पूरे देश से हर साल निसंतान दंपत्ति और श्रद्धालु मनोकामना लेकर पहुंचते हैं

इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश में पहली पंचकर्म यूनिट खुलना गर्व की बात है और इससे लोगों को फायदा मिलेगा इस मौके पर सीसीआरएस के महानिदेशक केएस धीमान ने कहा कि आज के युग में आयुर्वेद के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है